कोरोना संकमण को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर भीड़ न हो इसके लिए समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है

देवास कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने हाटपिपल्या उपनिर्वाचन के लिए सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान की अपील की है

गुना जिले की बमोरी सीट पर भी तय समय से वोट डाले जा रहे हैं

जहां सीसीटीवी और वैबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है

रायसेन ग्वालियर शिवपुरी भिंड दतिया अशोकनगर और अनूपपुर में भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं बिहार मतदान बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच किया जा रहा है

जन आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी कमल चावला ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

इसके तहत मेरा शौचालय सबसे स्वच्छ सबसे सुदर प्रतियोगिता षुरू की गयी है

विजेताओं को नगर निगम पुरस्कृत करेगा हीरे पन्ना में दो अलग अलग मजदूरों को दो बड़े हीरे मिले हैं

जिससे लोग गायों के लिए रोटी और घास इनमें डाल सकेंगे

जिसके तहत शासकीय कर्मचारियों की विभिन्न बीमारियों की पहचान एवं उपचार किया जा रहा है

नमस्कार